ये राष्ट्रीय प्रस्कार हर वर्ष कमजोर और हाशिए पर रह रही महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अन्करणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों सम्रहों और संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं इन प्रस्कार विजेताओं ने अपनी उम्र भौगोलिक बाधाओं आदि को अपने सपनों को साकार करने के रास्ते में नहीं आने दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज लोगों को श्भकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि वे नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को नमन करते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संदेश का साइन ऑफ करके समापन करते हुए कहा कि आज दिन भर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली सात महिलायें अपनी जीवन यात्रा को उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स पर लोगों के साथ साझा करेंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सभी भागों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलायें हैं जिन्होंने जीवन के अनेक क्षेत्रों में शानदार कार्य किया है श्री मोदी ने कहा कि उनके संघर्ष और आकांक्षाओं से करोड़ों लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की है उन्होंने लोगों से कहा कि वे ऐसी महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करें और उनसे सबक लें

राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा की धर्मपत्नी और राज्य की प्रथम महिला श्रीमती नीलम मिश्रा के नेतृत्व में आज राजभवन में राजभवन की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि समाज में जहाँ महिलाओं के लिए सम्मान होता है वहाँ शांति और उन्नति होती है उन्होंने लोगों से समाज के विकास एवं प्रगति में प्रुष और महिला दोनों को साथ लेकर चलने का आहवान किया श्री मिश्रा ने कहा कि सोसायटी में महिलाओं को सही पद देना राष्ट्र का उद्देश्य है और वर्तमान सरकार इस पर पूरी इमानदारी के साथ कार्य कर रही है राज्यपाल ने राज्य के महिलाओं से नशे के द्रुपयोग के खिलाफ लड़ने को कहा उन्होंने महिलाओं से अपनी बेटियों को भारतीय सशस्त्र बल और वाय् आतिथ्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया ये सम्मानित महिलाए है संगीत क्षेत्र में श्रीमती ताबा याल नाबम और नाचत मुनहम सामाजिक सेवा क्षेत्र में जोया तासंग मोयोंग उदयमिता क्षेत्र में श्रीमती लीचा अम्पी साहित्य में डॉ जम्ना बिनी और खेल में कुमारी ओनिल् तेगा समारोह में महिला एवं बाल विकास सचिव निहारिका राय ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के परियोजनाओं की जानकारी दी महिला एवं बाल विकास मंत्री आलो लिबांग ने कहा राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार ने कई योजनाओं की पहल की है वे आज ईटानगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सह विवाह संपत्ति और जमीन के अधिकार पर प्रथागत प्रथाएं विषय पर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लेते हुए बोल रहे थे उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका उतनी ही होती है जितनी प्रुषों की इस अवसर पर श्री लिबांग ने राज्य में पोषण पखवाड़ा दो हजार बीस का भी श्रभारंभ किया और प्रतिभागियों को पोषण की शपथ भी दिलाई आठ मार्च दो हजार अद्वारह को प्रधानमंत्री दवारा समग्र पोषण के लिए पोषण अभियान का श्भारंभ किया गया था इसका उद्देश्य जीवन चक्र अवधारणा के माध्यम से समन्वित और परिणामोन्म्खी दृष्टिकोण अपनाकर देश से क्पोषण को चरणबद्व तरीके से कम करना है

गत पंद्रह फरवरी दो हजार बीस से लोहित जिले के परश्राम कृंड के कहीं क्षेत्र से उनके लापता होने की रिपोर्ट है पीड़ित परिवारों के सदस्यों के साथ अपना द्रख व्यक्त करते हए श्री मैन ने कहा कि राज्य सरकार तलाशी अभियान को चलाने और मामले की जांच में परिवार को अपना हर संभव समर्थन दे रहा है उन्होंने इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने और बालिजन क्रिसिकरों को ढ़ंढ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ने का आश्वासन भी दिया श्री मैन ने बताया कि मामले को एस आई टी को सौंप दिया गया है और अगर स्थिति की मांग हो तो जांच में और तेजी लाने के लिए एस आई टी पर जोर दिया जाएगा